अन्न उत्सव गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में अन्न उत्सव का शुभारंभ किया ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम समन्वय भवन में आयोजित किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं रहे इसलिये सस्ती दर पर अनाज राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी

इंदौर जिले में मुख्य समारोह रवीन्द्र नाट्यगृह में आयोजित किया गया

केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री छिन्दवाड़ा में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हरदा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कृषिमंत्री कमल पटेल ने पात्र हितग्राहियों को खाद्यन्न वितरण पर्चियां सौंपी

टीकमगढ़ खंडवा मंदसौर डिण्डोरी गुना शिवपुरी सतना श्योपुर नीमच बैतूल होशंगाबाद आगरमालवारायसेन और जबलपुर सहित सभी जिलों में अन्न उत्सव के आयोजन किये गये

इस दौरान आँगनवाड़ी स्तर पर कृपोषित बच्चों को दृध वितरण किया जायेगा साथ ही मुख्यमंत्री बच्चों की माताओं से संवाद भी करेंगे

योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी सेवानिवृत्त स्वयंसेवक स्थानीय शहरी निकाय अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल हैं

पोषण सप्ताह प्रदेश भर में पोषण सप्ताह के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है देवास जिले में कृपोषण को मिटाने के लिये जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर संतुलित आहार और पोषण भोजन के बारे में समझाईश दी जा रही है वहीं होशंगाबाद जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कुपोषित बच्चों की सेहत सुधारने का अभियान चलाया जा रहा है

केन्द्रों पर पोषण से युक्त भोजन वितरित किया जा रहा है वहीं अन्य जिलों में भी पोषण सप्ताह के तहत कार्य किये जा रहे हैं

राजधानी भोपाल में सुबह चमकदार धूप खिली लेकिन शाम को घने बादल छा गये और कहीं कहीं ब्रंदा बांदी हुई

मौसम केन्द्र ने सागर जबलपुर भोपाल इंदौर उज्जैन और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है